केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि निर्यात नीति को दी मंजूरी

कल सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम

नई दिल्ली में जागरण मंच की विचार गोष्ठी में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कुछ सुझाव रखे हैं जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं मगौड़े हैं उनको दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह न मिले इसके लिए भारत ने कुछ सुझाव अंतर्ताष्ट्रीय समुदाय के बीच रखे हैं मुझे विश्वास है कि हमारी ये मुहिम आज नहीं तो कल कभी न कभी रंग लायेगी श्री मोदी ने कहा कि हाल में अर्जेन्टीना में जी ट्येन्टी देशों की बैठक में उन्होंने बड़ी आर्थिक शक्तियों के सामने भारत का यह रुख प्रस्तुत किया था उन्होंने कहा कि सरकार विजय मल्या मेहल चोकसी और नीरव मोदी जैसे मगोड़े अपराधियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मीडिया संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण में एक मजबूत स्तम्म के रूप में अपनी जिम्मेदारी निमाई है श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप देने के लिए मीडिया की भूमिका की सराहना की है बीते चार वर्षों में आपके समूह और देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तम के तौर पर अपने दायित्व का बखूबी निर्वाहन किया है चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो यह अगर जन आंदोलन बने तो इसमें मीडिया की भी एक सकारात्मक मूमिका रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति से मीडिया का विस्तार हुआ है और आने वाले दिनों में समाज में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी प्रघानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन तथा सबका साथ सबका विकास नये भारत का मूल मंत्र है प्रघानमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल में इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है नए भारत की जब भी हम बात करते हैं तो शिनिमम गवमैंट मैक्सिमम गवनेंस और सबका साथ सबका विकास इसके मूल में इसी मूलमंत्र को लेकर के हम बात करते हैं हम एक ऐसी व्यक्स्था की बात करते हैं जो जन भागीदारी से योजना का निर्माण भी हो और जन भागीदार से ही उन पर अमल भी हो इसी सोच को हमने बीते चार वर्षों से आगे बढ़ाया है से से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्वता के अनुरूप क्रषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रम ने कहा कि स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि इस नीति से अधिकतर जैविक और प्रसंस्कृत आहार के निर्यात पर अंकुश समाप्त हो जाएगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के कई रास्ते खुलेंगे दो तरह के जो एग्रीकल्वर प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक और एग्रो प्रोसेस्ड इसमें से पूरी मात्रा में निकाले जाएंगे बाकी के जो एग्रीकल्वर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टाइम ट्र टाइम रिय्यू किया जाएगा क्योंकि हमारे यहां पे कोई उसकी कमी है तो उसका एक्सपोर्ट स्वाभाविकतया नहीं किया जाएगा

एग्रो प्रोसेस गृड़स के ऊपर भी ऐसी कोई स्थिति आने की संमावना नहीं है क्यॉकि वह प्रोसेस करने के बाद बेचा जाता है तो इसलिए जो प्राइमरी कोम में एग्रीकल्वर प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर इसी तरह की कोई संभावना पैदा हो सकती है ऐसे प्रोडक्ट्स को छोड़ के सभी के ऊपर सभी रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएंगे पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध की भी मंजूरी दी गई वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इसके तहत दो हजार अट्ठारह उन्नीस से दो हजार बाईस तेईस की अवधि के लिए केंद्र चार अरब पवासी करोड़ रुपए से अधिक की सहायता देगा उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को किफायती बनाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान एम्स में दौक्षांत समारोह को संबोधित करते हए श्री नायर ने कहा कि गांवों में बडे शहरों की तरह आघुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है सरकार के आय्भान भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए श्री नायदू ने कहा कि यह कार्यक्रम गरीबों के स्वास्थ्य की जरूरतों के हिसाब से बहत ही उपयोगी साबित होगा दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पिछते दो महीनों में चार लाख पचास हजार मरीजों को फायदा पहचा है केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रमु ने कहा है कि देश के छोटे कृषि जोतों ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने में स्टार्टअप के लिए अनूठे अवसर उपलब्ध कराये हैं पणजी में स्टार्टअप भारत वैशिवक उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन में श्री प्रम् ने कहा कि भारत में विकास के वाहक स्टार्टअप के लिए कई मौके हैं उन्होंने कहा कि सरकार विकास दर में बढ़ोतरी के लिए नये स्तर पर सभी प्रयास कर रही है कल सशस्त्र बल झंडा दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये यह दिवस देश की आन बान की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और पुरुष तथा महिला रक्षाकर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है सशस्त्र बल झंडा दिवस हर वर्ष सात दिसंबर को मनाया जाता है यह दिवस जांबाज सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाने और उनके कल्याण में अपना योगदान देने का दिन है कल देशमर में जगह जगह कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवियों ने सेना के तीनों अंगों के प्रतीक के तौर पर लोगों के कपड़ों पर झंड़ा लगाये गये इससे एकत्र राशि झंडा दिवस कोष में जमा कर दी जाती है जिसका इस्तेमाल शहीदों के परिजनों और सैनिकों के कल्याण में होता है खामंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि जब कमी संकट की घड़ी आती है सेना बचाव के लिए उपस्थित हो जाती है राजधानी लखनऊ में राजभवन में झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विमाग के अविकारियों ने राज्यपाल राम नाईक को प्लैग पिन किया राज्यपाल ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया तथा झंडा निधि में दान दिया श्री नाईक ने कहा कि अंशदान से हम देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और उनके परिवारों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने नहरों की अवैध कटान करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं श्री सिंह लखनऊ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता नहरों में टेल तक नहीं बल्कि खेत तक पानी पहंचाना है उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी दशा में सिंचाई के लिये कोई परेशानी न हो